केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को दिये निर्देश

कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य होगा बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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 साउंड बाईट राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है कई जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है भीषण ठंड और कोहरे के कारण जन जीवन अस्त व्यस्त है ठंड के चलते सड़कों पर आम दिनों की तुलना में चहल पहल कम देखी जा रही है वहीं कोहरे के कारण रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है लंबी दूरी की ज्यादातर रेलगाड़ियां घंटो विलंब से चल रही हैं वहीं पटना और दरभंगा हवाई अड्डे से विमानों की उड़ान और लैंडिंग प्रभावित हुई है प्राप्त जानकारी के अनुसार कई उड़ाने रद्द करनी पड़ी है जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पश्चिम से आने वाली बर्फीली हवा के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्से भीषण ठंड की चपेट में हैं शुक्रवार को पटना गया भागलपुर पूर्णिया मुजफ्फरपुर छपरा दरभंगा और फारबिसगंज में कोल्ड डे की स्थिति बनी रही जबकि सुपौल में सीवियर कोल्ड डे रिकॉर्ड किया गया नवादा गया और औरंगाबाद समेत कई जिलों में बारिश भी हुई इस बीच मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक राज्य में शीतलहर चलने की आंशका जताते हुये कोल्ड डे और सीवियर कोल्ड डे रहने का अलर्ट जारी किया है कल पटना मे अधिकतम तापमान पंद्रह दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से आठ डिग्री सेल्सियस कम रहा जबकि न्यूनतम तापमान सात डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों मे आर्द्रता पंचानवे से लेकर सौ फीसदी तक दर्ज की गई मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि प्रदेश के अनेक हिस्सों में तापमान में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है न्यूनतम तापमान में दो से पांच डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को फरवरी के पहले सप्ताह से कोरोना के खिलाफ लडाई में शामिल फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका देने का अभियान शुरू करने को कहा है स्वास्थ्यकर्मियों को टीके लगाने के लिए सोलह जनवरी से शुरू हुआ अभियान भी साथ साथ जारी रहेगा स्वास्थ्य मंत्रालय के अपर सचिव मनोहर अगनानी ने राज्यों को लिखे पत्र में लिखा है कि संबंधित मंत्रालयों के सहयोग से राज्यों के अग्रणी कार्यकर्ताओं के डेटाबेस को अद्यतन किया जा रहा है अब तक इस डेटाबेस में इकसठ लाख अग्रणी कार्यकर्ताओं के नाम हैं जो को विन पोर्टल पर उपलब्ध हैं टीकाकरण के पहले चरण में देशभर के स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रणी कार्यकर्ताओं को कोरोना का टीका लगाया जाना है राज्यों को उनकी जरूरत के अनुसार कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज उपलब्ध करा दी गई है देश में अब तक उनतीस लाख अट्ठाईस हजार से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल पांच लाख बहत्तर हजार से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए हैं इस बीच देश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान बीस हजार से अधिक रोगियों के ठीक होने से स्वस्थ होने की दर छियानवे दशमलव नौ छह प्रतिशत हो गई है मंत्रालय ने कहा है कि एक करोड तीन लाख से अधिक लोग इस बीमारी से स्वस्थ हो चुके हैं कोविड के सक्रिय मामलों में निरन्तर कमी आ रही है इस समय संक्रमित लोगों की संख्या एक लाख इकहत्तर हजार छह सौ छियासी रह गई है जो कुल संक्रमितों की एक दशमलव छह शून्य प्रतिशत है प्रदेश में कोविड उन्नीस टीकाकरण का काम हरेक जिले की जरूरत के अनुसार सप्ताह के सातों दिन किया जाएगा स्वस्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि टीकाकरण केन्द्रों की संख्या वर्तमान के तीन सौ से बढ़ाकर पांच सौ के करीब की जाएगी उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने प्रति दिन करीब पचास हजार स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के योद्वाओं के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है राज्य में अबतक एक लाख छह हजार पच्चीस लोगों को टीका लगाया जा चुका है पांच लाख बासठ हजार स्वास्थ्य कर्मियों ने टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराया है प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर अंठानवे दशमलव नौ दो प्रतिशत तक पहुंच गई है सक्रिय मामलों में निरंतर कमी आ रही है इस समय विभिन्न अस्पतालों में एक हजार तीन सौ पंद्रह रोगियों का इलाज चल रहा है पिछले चौबीस घंटे में राज्य भर में एक सौ इक्कीस संक्रमित लोगों की पुष्टि हुई है वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश गुप्ता ने देश में चलाये जा रहे कोविड टीकाकरण अभियान को पूरी तरह सुरक्षित बताया है डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि लोगों को भयमुक्त होकर टीका लगवाना चाहिये

जारी आदेश में उन्होंने कहा है कि एक फरवरी से अट्ठाईस फरवरी तक के लिये केन्द्र द्वारा जारी किये गये गाईडलाइन को लागू करने के लिये सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश भेज दिये गये हैं गौरतलब है कि कोरोना को लेकर पूर्व में जारी दिशा निर्देश की अवधि इकतीस जनवरी को समाप्त हो रही है राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में आठ फरवरी से कक्षा छह से आठ तक की पढ़ाई शुरू हो जायेगी मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन ग्रुप की बैठक में मध्य विद्यालयों में पठ्न पाठन शुरू करने का निर्णय किया गया वहीं नर्सरी से कक्षा पांच तक की कक्षाएं खोलने का फैसला अगले सप्ताह हो सकता है बैठक में लिये गये फैसलों के अनुसार कोरोना को देखते हुये एक दिन में पचास फीसदी बच्चों को ही स्कूल आने की अनुमति होगी हालांकि अब सभी शिक्षकों को स्कूल आने की अनुमति दे दी गई है सरकार ने कहा है कि स्कूल प्रबंधन बच्चों को स्कूल भेजने का दबाव अभिभावकों पर नहीं बनायेंगे कक्षा के दौरान मास्क पहनना और शारीरिक दूरी बनाये रखना अनिवार्य होगा स्कूल प्रबंधनों को कक्षाओं में लगातार सैनिटाइजिंग अभियान चलाने को कहा गया है केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि सरकार देश में वर्चअल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि इन विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर बढ़ाने का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर की परीक्षा को लेकर कंट्रोल रूम बनाया है जो आज से काम करना शुरू कर दिया है परीक्षार्थी कंट्रोल रूम के माध्यम से एडमिट कार्ड से जुड़ी त्रुटियों को ठीक करवा सकते हैं इसके साथ ही अन्य आवश्यक जानकारी हासिल कर सकते हैं इस बीच इंटर परीक्षा को लेकर मुख्य सचिव दीपक कुमार और बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर आज सभी प्रमंडलीय आयुक्त जिला पदाधिकारी और पुलिस अधिकारियों के साथ बात करेंगे इंटर की परीक्षा एक फरवरी से तेरह फरवरी तक दो पालियों में आयोजित की जायेगी इस परीक्षा में तेरह लाख पचास हजार से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं पिछले साल की तुलना में इस साल करीब पैंतालीस हजार अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं प्रदेश में अब जाति आय और आवास समेत अन्य प्रमाण पत्र राजस्व अधिकारी जारी करेंगे सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुये संबंधित अधिकारियों को पत्र भेज दिया है इस तरह के प्रमाण पत्र अब तक अंचलाधिकारी द्वारा जारी किये जाते थे इन प्रमाण पत्रों को बनवाने की प्रक्रिया को आसान करने के लिये सरकार ने यह निर्णय लिया है देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी तेहत्तरवीं प्रण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है आज ही के दिन उन्नीस सौ अड़तालीस में महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है इस अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी में राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही है इधर पटना समेत प्रदेशभर में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन के ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की तिहत्तरवीं कड़ी होगी यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर उपलब्ध रहेगा मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट न्यूजऑनएआईआर डॉट कॉम और न्यूजऑनएआईआर मोबाईल एप पर भी सुना जा सकता है इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से किया जायेगा इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि आठ बजे से भी सुना जा सकता है राजद कांग्रेस और वामदलों समेत अन्य विपक्षी दल तीन केन्द्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आज प्रदेश में मानव श्रृंखला बना रहे हैं प्रदेश में सोलह हजार और गांवों में डेयरी कॉपरेटिव सोसायटी खोली जायेगी सात निश्चय पार्ट ट् के तहत पश्पालकों तक विकास योजनाओं को पहुंचाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कड़ी होगी पशु और मत्स्य संसाधन विभाग ने बिहार स्टेट मिल्क कॉपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड कॉम्फेड को इस संबंध में दिशा निर्देश भेज दिया है गौरतलब है कि फिलहाल राज्य में चौबीस हजार डेयरी कॉपरेटिव हैं सोलह हजार नये कॉपरेटिव खोलने के साथ ही इनकी संख्या चालीस हजार हो जायेगी ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने बिजली कंपनियों से स्मार्ट मीटर लगाने का काम तय समयसीमा पर पूरा करने को कहा है कंपनी के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार स्मार्ट प्री पेड मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को बिल में तीन प्रतिशत की छूट देने पर विचार कर रही है उन्होंने कहा कि सरकार ने हर घर बिजली पहुंचाने के बाद अब हर खेत तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संसद में दिये गये अभिभाषण को सुर्खी बनाते हुये लिखा है कृषि कानूनों पर अदालत का फैसला मानेगी सरकार इसी अखबार ने नियोजित शिक्षकों की मेधा सूची गायब होने से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है मेधा सूची नहीं मिली तो नपेंगे डीईओ दैनिक जागरण ने केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को सुर्खी बनाते हुये लिखा है भारत महामारी की त्रासदी से उबर ग्यारह फीसदी विकास दर की ओर दैनिक भास्कर ने किसान आंदोलन से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है सिंघु टीकरी पर गांव वाले और किसान भिड़े थाना प्रभारी पर तलवार से हमला प्रभात खबर ने सड़क निर्माण से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुये लिखा है अगले साल गांधी सेतु के दो लेन सहित तीन सड़कों की मिलेगी सौगात राष्ट्रीय सहारा ने शाहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी के विधान परिषद सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है और अब अंत में मुख्य समाचार प्रदेश में कड़ाके की ठंड और कोहरे के कारण जन जीवन अस्त व्यस्त

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को दिये निर्देश

कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य होगा